कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

समझौता पत्र पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सचिव तन्नू कपूर और उत्तराखण्ड की ओर से पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने हस्ताक्षर किए

इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने बदरीनाथ धाम के कायाकल्प का भी निर्णय लिया था

इसी के साथ यहां पर व्यास गुफा गणेश गुफा और चरण पादुका आदि का भी पुनर्विकास किया जाना है मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ धाम के विकास में तेल कंपनियों का योगदान सराहनीय है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फोकस क्षेत्र में होमस्टे को बढ़ावा देने पर है ताकि श्रद्वालुओं को यहां आने पर सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हो सकें श्री रावत ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में बदरीनाथ धाम के कायाकल्प के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बदरीनाथ और केदारनाथ धामों की भांति ही उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमनोत्री धामों के लिए भी विकास कार्य कराए जाएंगे उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यो के दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पर पर्यावरण को नुकसान न पहँचे प्रथम चरण में यहां पर अस्पताल के विस्तारीकरण का कार्य प्रस्तावित है इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट तटबंधों में सुदृढ़ीकरण लैंडस्केपिंग भीड़ होने पर होल्डिंग एरिया पुलों की रेट्रोफिटिंग आदि कार्य होने हैं

लेकिन तय मुहर्त पर केवल कपाट खुलेंगे और नियमित प्रजाअर्चना चलती रहेगी स्थिति सामान्य होने पर चारधाम यात्रा को चरणबद्व रूप से शुरू किया जायेगा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने कहा है कि केवल सांकेतिक रूप से धामों के कपाट खोले जाएंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनिंदा प्रतिनिधि ही धामों में जा सकेंगे

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में सेवारत कर्मियों और उनके आश्रितों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के अलावा बिस्तर की उपलब्धता के बाद सामान्य नागरिकों को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की अनुशंसा पर भर्ती किया जा सकता है नीति आयोग नीति आयोग के स्वास्थ्य से संबद्ध सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के परिवर्तित रूप का कोई अलग उपचार नहीं है डॉ पॉल ने चिकित्सकों से घर पर उपचार करा रहे कोविड मरीजों को टेलीफोन पर परामर्श देने का अनुरोध किया है

जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में हालात को देखते हुए जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्णय लेने को कहा है इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री वाहन और मालवाहकों पर रोक नहीं होगी औद्यौगिक ईकाइयों मालवाहकों और निमार्ण कायाँ में लगे लोगों के साथ ही अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी होगा खाद्यान की दुकाने अल्टरनेट दिनों में खुलेंगी

लेकिन स्थानीय लोग कर्फ्यू का खुलकर उल्लंघन करते हुए अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे है जिसको देखते हुए उधमसिंहनगर पुलिस प्रशासन ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाकर हर तरह के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीज और चालान किए एसपी सिटी ममता बोरा और सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाया है जिसका पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए सख्ती के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने लोगों से अपील की अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और अपने आप को सुरक्षित रखें

श्री जोशीने कहा कि कोविड कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिक बढ रही है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि जिले में चिकित्सालयों में आईसीय वेन्टिलेटर आक्सीजन सामान्य बैड की संख्या और अधिक बढाई जाए ताकि किसी संक्रमित व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़े तो आसानी से बैड मिल जाए

इसके लिए जिले का आक्सीजन का कोटा और अधिक बढाना होगा

इस बीच प्रभारी मंत्री ने कि जिले में एम्बुलेंस किराया लैब्स एवं हॉस्पिटल में उपचार और विभिन्न सुविधाओं की रेट लिस्ट चस्पा की जाए और कोविड कर्फ्यू के दौरान गाईडलाईन का शतप्रतिशत अनुपालन किया जाए

जिसमें उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिये गए हैं उन्होंने आशा और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए उन्होने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण के कारण किसी की मौतें हई हैं उन क्षेत्रों के आसपास सेम्पलिंग बढायी जायेगी उन्होने सेम्पलिंग के समय ही संबंधित व्यक्ति को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए साथ ही प्रवासियों के रहने की लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए उन्होंने इसमें ग्राम प्रधानों क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत सदस्यों का सहयोग लेने को भी कहा उन्होंने अधिक से अधिक मेडिकल किट स्वंय सहायता समूह की महिलाओं से तैयार कराने के निर्देश दियें उन्होने निर्देश दियें हैं कि जिले में आने वाले व्यक्तियों पर कडी निगरानी रखते हए सभी की कांटैक्ट ट्रेसिंग त्वरित गति से करायी जाए

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज बेस स्थित कोविड केयर चिकित्सालय पहॅचकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बेहतर प्रबन्धन के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों के साथ सही व्यवहार वार्डो में साफ सफाई साथ ही ड्यूटी में लापरवाही न बरती जाए